सचिवालय में पत्रकारों से बात चीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने शुरूआती दिनों से ही कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसका नतीजा है कि प्रदेश शीघ्र ही कोरोना मुक्त राज्य होगा उन्होंने बताया कि लाक डाउन में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को भी सुरक्षा उपायों के साथ तेजी से राज्य में वापस लाया जा रहा हैं प्रदेश में अब तक लगभग हजारों की संख्या में प्रवासियों को लाया जा चुका है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रवासियों के अर्थिक संकट को देखते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है

उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आंकलन कर सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्दावस्था दिव्यांग विधवा पेंशन धारकों को एक महीने की एडवांस पेंशन दी जा रही है प्रवासी वापसी प्रदेश में विभिन्न राज्यों और राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में प्रवासी अपने घरों को लौट चुके है इसके अलावा हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों की भी वापसी हुयी है अधिकारिक सूचना के अनुसार वाहर से आने वाले वाले प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है

गौचर में बनाए गये इस्टेजिंग एरिया में जिला प्रशासन की ओर से मेडिकल जांच थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उनका डाटा तैयार किया जा रहा है उधर बागेश्वर में भी स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रियों को होम कोरेन्टाइन के लिए भेजा जा रहा है वहां विभिन्न क्षेत्रों से लगभग डेढ़ हजार लोग पहुँचे है सरकारी सुचना के अनुसार रेड जोन से आने वाले प्रवासियों के साथ ही संदिग्ध लोगों को फैसेलिटि कोरेन्टाइन में रखा जा रहा है

इस रिवर्स माइग्रेशन को देखते हुए उन्हें उनके गाँवो में ही रोजगार से जोड़कर आर्थिक संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार स्वरोजगार योजना लागू कर रही है इसके लिए सरकार नावार्ड सरकारी और गैर सरकारी सस्थाओं से सर्व कराकर प्रवासी लोगो से नवाचार के माध्यम से उनकी कौशल अभिरुचि की जानकारी ले रही है जिससे उन्हें पुनः रोजगार से जोड़ा जा सके इस तरह चम्पावत जिले में स्वरोजगार योजना शुरू हो गयी है जिसके तहत लोगो की कृश्लता के आधार पर डेरी एग्रीकल्चर बेकरी प्लम्बिंरग मशीनिस्ट शॉप कीपिंग कास्ठ कला आधारित विभिन्न कार्यो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके उपरान्त प्रशिक्षित प्रवासियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने सहित रोजगार स्थापित करने में मदद की जाएगी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक जनार्दन चिलकोटी ने बताया है कि शासन स्तर से प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है

जिसके बाद उनको यहां से नौगांव के लिए रवाना कर दिया गया प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि उन्होंने इन युवाओं से मिलकर उनकी वापसी में सहयोग के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की है सीएम ऑन कोरोना राहत मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने कल देहरादून में आयोजित ई रैबार कार्यक्रम में फेसबुक लाईव के दौरान में कहा कि लाकडाउन के चलते राज्य के प्रवासी लोग काफी प्रभावित हुए हैं सरकार प्रवासियों को पूरी सतर्कता के साथ मेडिकल शर्तो को पूरा करते हुए उन्हें घर वापस ला रही है श्री रावत ने इस दौरान बताया कि प्रवासियों की गांव वापसी को मद्देनजर ग्राम प्रधानों को विशेष अधिकार दिए है गांव में यदि किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो ग्राम प्रधान सरकारी खर्च पर इसकी व्यवस्था कर सकते है उन्होंने बताया कि कोरोनो संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्री तरह से मुस्तैद है और प्रदेश में आईसीयू एवं वैंटीलेटर की जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है

युवक के कोरोना पाजिटिप पाये जाने के बाद जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने लोगों से अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नही है जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सभी लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज वारिश से तापमान में कमी आयी है राजधानी देहरादून में आज दोपहर घने वादल छा गये और ब्रंदा बांदी हुयी जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है उधर नैनीताल में भी घने बादल छा जाने के कारण अंधेरा सा हो गया और ब्रंदा बांदी हयी बागेश्वर में मुसलाधार बारिश होने की खबर है पिण्डर घाटी में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहॅचा है अल्मोड़ा में तेज हवा और अधड़ के साथ वर्षा होने के समाचार है

हरिद्वार ऊधमसिंह नगर पौड़ी देहरादून और नैनीताल में तेज हवाओं के साथ बूंदा बांदी की संभावना है मात्र दिवस आज मातृ दिवस है इस अवसर पर राज्य भर में लोगों ने मातृ शक्ति का नमन किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक संदेश में सभी माताओं को सादर नमन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी उन्होंने मां को सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की महत्वपूर्ण ध्री बताया है मुख्यतंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति के बेहतर भविष्य के लिए उनके वर्तमान को संवारना होगा इसी लिए बेटिओं की सुरक्षा शिक्षा समृद्धि और उनके शश्क्तिकरण के लिए सार्थक कदम उठाए गये है बागेश्वर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ रीमा उपाध्याय और सब इंस्पेक्टर खष्टी बिष्ट का जनपदवासी शुक्रिया अदा कर रहे है